कल शाम से थम जायेगा चूनाव प्रचार

और कल से अठारह अप्रैल तक आंधी पानी की है सम्भावना

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अठारह अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए प्रचार कार्य कल शाम समाप्त हो जायेगा इस चरण में पांच संसदीय क्षेत्र पूर्णिया भागलपुर बांका किशनगंज और कटिहार में मतदान होना है विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका पूर्णियां और अररिया में चुनावी सभाओं को संबोधित किया इस दौरान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान भी उपस्थित थे वहीं खगड़िया और अररिया में पूर्व मूख्यमंत्री और हम पार्टी के प्रमूख के जीतनराम मांझी ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की जबकि रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने मधुबनी के झंझारपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया राज्य में दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के तहत पांच लोकसभा क्षेत्रों में उनहत्तर उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं इन क्षेत्रों में पच्चासी लाख बावन हजार दो सौ चौहत्तर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इसके लिये आठ हजार छह सौ चौवालीस मतदान केंद्र बनाये गये हैं इस चरण में कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के तारिक अनवर और राज्य के पूर्व मंत्री और जदयू के दुलालचंद गोस्वामी आमने सामने हैं वहीं बांका सीट पर जदयू के गिरिधारी यादव का मुकाबला राजद के जय प्रकाश नारायण यादव से है भागलपुर में जदयू के अजय कुमार मंडल का राजद के बुलो मंडल से पूर्णियां में जदयू के संतोष कुशवाहा का कांग्रेस के उदय सिंह उर्फ पप्प सिंह से और किशनगंज में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद का मुकाबला जदयू के महमूद अशरफ के साथ माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय समेत चालीस राजनेता के नाम शामिल है इस चरण के चुनाव प्रचार में पार्टी ने राज्य के नेताओं को अधिक स्थान दिया इसमें भोजपुरी फिल्म जगत के कलाकार पवन सिंह मधुबनी के सांसद हुकुमदेव नारायण यादव को भी जगह दी गयी है वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए अपने प्रमुख नेताओं के कार्यक्रम की घोषणा की है इसके अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बीस अप्रैल को सुपौल में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे विपक्षी दलों ने कहा कि निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान ईवीएम के ठीक से काम नहीं करने की शिकायत को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम नही उठा रही है एक संयुक्त सम्मेलन में विपक्षी दलों ने वीवीपैट की पचास प्रतिशत पर्चियों की मिलान किए जाने की मांग की वहीं भाजपा ने विपक्षी दलों की बैठक पर आरोप लगाया है कि तथाकथित महागठबंधन अपनी संभावित पराजय को देखते हुए तथ्यहीन बातें कर रहा है राजधानी पटना समेत राज्यभर में बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार आज भी राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में पारा एक डिग्री सेल्सियस ओर बढ़ सकता है मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि यदि अगले अड़तालीस घंटे के दौरान तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गयी तो लू चलने की घोषणा की जा सकती है वैज्ञानिकों ने कहा कि राज्य के गया औरंगाबाद नवादा और भभुआ में गर्मी अधिक पड़ रही है पछ्आ हवा की रफ्तार अठारह से बीस किलोमीटर तक पहुंच गयी है जबकि धूल भरी हवा भी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है वहीं मौसम विभाग ने कल से अठारह अप्रैल तक आंधी पानी की सम्भावना भी जतायी है इसके लिए विभाग ने अलर्ट जारी किया है प्रदेश के कई हिस्सों में अगलगी की घटना में लाखों रूपये मूल्य की गेहूँ की फसल जलकर राख हो गयी है नवादा जिले में एक सौ बीस एकड़ सारण में साठ एकड़ गया में पैंतीस एकड़ नालंदा में दस एकड़ और बक्सर में आठ एकड़ में लगी गेहूँ की फसल जल कर राख हो गयी है फौज से फरार अपराधी शंकर सिंह की हत्या अपराधियों ने गला रेत कर दी पुलिस ने उसका शव गंगा दियारा से बरामद किया है मामले की छानबीन की जा रही है राज्य में सभी स्वयं सहायता समूह को कृषि कार्य से जोड़ा जायेगा इसमें जीविका से जुड़े समूहों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा वैशाली जिले के हाजीपूर पटना मुख्य मार्ग पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई ने तेईस लाख रूपये मूल्य की विदेशी काली मिर्च और हरा मटर जब्त किया है इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है पटना पुलिस ने अजमेर भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेन से एक सौ पचासी बोतल शराब बरामद किया है वहीं पटना के फतुहा में नदी थाना पुलिस ने एक खेत से अठाइस कार्टन शराब बरामद किया है मामले की छानबीन की जा रही है राज्य की ग्रामीण सड़कों को नई तकनीक से बनाया जायेगा एनआईटी पटना ने इसके लिए कई सड़कों का डीपीआर तैयार किया है वैशाली जिले में हाजीपूर सदर प्रखंड की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने अपने ही कार्यालय में कार्य करने वाले एक लिपिक पर ग्यारह लाख रूपये गबन का मामला दर्ज कराया है पदाधिकारी ने मामले में इंडियन बैंक के प्रबंधक को भी इसमें शामिल बताया है रणधीर वर्मा अंडर नाईनटीन क्रिकेट प्रतियोगिता के अन्तर्गत खेले गये एक मुकाबले में नवादा ने शेखपुरा को दो सौ बत्तीस रनों से हरा दिया वहीं अन्य मैचों में बेतिया ने शिवहर रोहतास ने बक्सर और जहानाबाद ने वैशाली की टीम को पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश कर लिया है पटना में खेली जा रही ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कार्तिक ने शानदार खेल दिखाते हुये बालक वर्ग में अंडर सिक्सटीन अंडर थर्टिन सिंगल अंडर थर्टिन डबल और अंडर सेवेंटीन का खिताब जीत लिया है पटना के पाटलिपुत्र स्पोट्स कॉम्पलेक्स में आयोजित ऑल इंडिया जूनियर कराटे चैंपियनशिप में मोहम्मद जरजू वेदांश प्रत्यूष सानवी लोहानी और जैनब हैदर ने अपने अपने मुकाबले जीत लिये अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने विपक्ष द्वारा ईवीएम पर दर्ज कराई आपत्ति को बड़ी खबर बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है ईवीएम पर विपक्ष फिर हमलावर अखबार ने केन्द्र सरकार के एक निर्णय खरीदारी की रसीद लेने पर नकद छूट की तैयारी को भी बड़ी खबर बनाया है दैनिक जागरण ने उड़ा दुनिया का सबसे बड़ा विमान हवा से छोड़ेगा रॉकेट को प्रमुख सुर्खी बनाया है अखबार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान देश में नहीं चलेंगे दो विधान दो निशान दो प्रधान को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने एडीआर की रिपोर्ट पर शीर्षक दिया है बिहार में दूसरे चरण के अड़सठ प्रत्याशियों में चौदह पर गम्भीर मुकदमे इक्कीस करोड़पति तीन सौ इकतालीस करोड़ रूपये की सम्पत्ति वाले उदय सिंह सबसे अमीर अखबार ने एक छोटे शीर्षक में इसी खबर पर लिखा है जेएमएम के शुकाल मुर्मू और निर्दलीय संजीव कुमार बिल्कुल कंगाल प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनावी सभा में दिये बयान को बड़ी सुर्खी बनाते हुये लिखा है नरेन्द्र मोदी का दोबारा प्रधानमंत्री बनना बिहार के हित में

कल शाम से थम जायेगा चूनाव प्रचार

और कल से अठारह अप्रैल तक आंधी पानी की है सम्भावना